प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी चार फरवरी को वर्च्अल माध्यम से चौरीचौरा शताब्दी महोत्सव का करेंगे शुभारम्भ

प्रदेश में कल एक लाख अड़सठ हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गये कोविड के टीके

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है वहीं यह अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानूनों का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें संसद के बजट सत्र के पहले दिन कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल में राष्ट्र ध्वज के अपमान और गणतंत्र दिवस के अनादर को द्र्भाग्यपूर्ण करार दिया मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंगीरता से पालन करना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि तीन नए कूषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थीं उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गईं है बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविघाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं श्री कोविंद ने यह भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से दस करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है

राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उठाना सरकार की प्राथमिकता है

राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्व है लद्दाख में गलवान घाटी की घटना का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए है

संसद में बजट सत्र से पहले कल श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि सांसद जनता की आकाक्षाओं को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान करने का अवसर नहीं गवाएंगे इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को उन संकल्पों को तेज गति से सिंद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए वर्चाएं हों सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो ये देश की अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार बीस इक्कीस में वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेजों के रूप में साल में कई मिनी बजट पेश करने पड़े हैं इसलिए मौजूदा बजट सत्र को इन्ही मिनी बजटों में से एक माना जाना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी क्रय केन्द्र पर किसानों को समस्या न हो यह सुनिश्चित किया जाय मुख्यमंत्री कल गेहूँ खरीद सम्बन्धी समय सारणी और प्रस्तावित क्रय नीति के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में पचास रूपये की बढ़ोत्तरी करते हुये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्नीस सौ पचहत्तर रूपया प्रति कतल तय किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक दशा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलना चाहिए उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों की तर्ज पर गेहूँ किसानों के लिये भी ऑनलाइन पर्ची की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ऐसी क्रय एजेंसियां जिनका रिकॉर्ड ठीक नही है उन्हें काम न दिया जाय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भण्डारण गोदाम सहित सभी क्रय केन्द्रों की जियो टैगिंग करायी जाय इससे किसानों को सुविधा होगी मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता के लिये इस वर्ष ई पॉप मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक बेरिफिकेशन द्वारा क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी चार फरवरी को वर्च्यअल माध्यम से चौरीचौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारम्भ करेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर चौरीचौरा शताब्दी वर्ष को समर्पित डाक टिकट भी जारी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग माध्यम से गोरखपुर में चौरीचौरा शताब्दी महोत्सव के मुख्य आयोजन सहित पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के सम्बंध में तैयारियों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि चौरीचौरा शताब्दी महोत्सव को प्रदेशभर में भव्यता के साथ मनाया जाये उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में शहीद स्मारकों पर पूरे वर्ष शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनसे सम्बंधित घटनाओं को चिन्हित करते हुए कार्यक्रम संचालित किए जायें मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित किया जाये

सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को शक्तिशाली बनाती है सशक्त और समर्थ विधायिका के लिये सदस्यों द्वारा सदन में प्रभावी संवाद आवश्यक है मुख्यमंत्री कल लखनऊ के विधान भवन स्थित तिलक हाल में पदावधि के अवसान पर निवृत्त हुए विधान परिषद के सदस्यों के विदाई समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यों द्वारा निष्ठा समर्पण लगन एवं ईमानदारी के साथ दायित्वों के निवर्हन पर समाज का जो भला होता है वहीं कार्यकाल को स्मरणीय बनाता है उन्होंने सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य एवं स्वस्थ व दीर्घाय जीवन की कामना की मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद ने देश में विधायिका की गरिमा के मानदंड स्थापित किये हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके लगाने का काम पांच फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं इसके बाद कोरोना महामारी से लड़ने वाले अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जायेगा इस बीच राज्य में कल देशभर में कोविड के सर्वाधिक टीके लगाये गये

पहले दिन राज्यपाल आनंदी बेन पटेल दोनों सदनों को सम्बोधित करेंगी दोनों सदनों को राज्यपाल का सम्बोधन सुबह ग्यारह बजे होगा इस सत्र में प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिये बजट पेश करेगी